मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीएम कषि मंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नये अवसर उत्पन्न कर रहे हैं इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी प्रधानमंत्री ने जन नेता पदमभूषण डॉ बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाये गये हैं कृषि मंत्री बैठक कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस साल किसानों को दिये जाने वाले बीजों के दाम नहीं बढ़ाये जायेंगे उन्होंने देहरादून में तराई बीज विकास निगम के अंतर्गत हो रहे कार्यो की समीक्षा बैठक ली कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में टीडीसी उच्च क्वालिटी के बीजों का निर्माण करता है रबि के बीजों की उपलब्धता बनी रहे इसको लेकर दिशा निर्देश दिये गये हैं

बैठक में टीडीसी के रिटायर कर्मचारियों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया

उन्होंने कहा कि कृषि बिल में किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है इस बिल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और किसानों को उनकी उपज के सही दाम मिल सकेंगे वित मंत्री जीएसटी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्र उन राज्यों को ऋण लेने में मदद करेगा जो जीएसटी राजस्व न्कसान की भरपाई के लिए प्रस्तावित उधारी विकल्प अपनाना चाहते हैं कोविड महामारी के कारण राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति के उपायों पर अधिकांश राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश के वित्तमंत्री सहमत हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के साथ साथ अन्य मौसमी बीमारियों के संक्रमण के मामलों में रोकथाम निगरानी और संचार के माध्यम से लोगों के व्यवहार परिवर्तन और प्रबंधन के समन्वित प्रयास जरूरी हैं मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लगातार निगरानी और जागरूकता से इस तरह के मामलों में दुसरी बीमारियों के संक्रमण को रोका जा सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से भी कहा है कि वे अपने संसाधनों का कारगर तरीके से इस्तेमाल करें और समन्वित निगरानी परजीवियों पर नियंत्रण के उपायों टीकाकरण और कीटनाशकों के उपयोग से मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने का प्रयास करें

खादय सरक्षा त्योहारों के मौसम के मददेनजर खाद्य सुरक्षा विभाग राजधानी देहरादुन में लगातार छापेमारी कर रहा है सभी मिठाई विक्रेताओं को निर्देश दिये गए हैं कि जिस दिन मिठाई बनाई गई है उसकी तारीख लिखनी होगी जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ खाद्य स्रक्षा विभाग कार्रवाई करेगा

उन्होंने कहा कि आगे भी स्मार्ट सिटी के तहत तेजी से कार्य होंगे मुख्यमंत्री ने आज देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया

म्ख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट उतराखण्ड में स्कूल की नई पहल श्रू हई है उन्होंने कहा कि देहरादून में बनने वाले तीन स्मार्ट स्कूलों से बच्चों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा इन स्कूलों में उच्च ग्णवतायुक्त व्यवस्थाएं की गई है ये तीनों स्कूल एक दूसरे से इन्टरकनेक्ट भी रहेंगे मुख्यमंत्री ने स्मार्ट स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप बनाने के निर्देश भी दिए

उन्होंने राज्य स्टार्ट अप काउंसिल की बैठक में सम्बन्धित सदस्यों को यह निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी स्टार्ट अप को जरूरी वित्तीय सहयोग करने के साथ ही कृषि हर्बल स्वास्थ्य टूरिज्म जैसे राज्य आधारित सेक्टर में स्टार्ट अप को अधिक फोकस किया जाए उन्होंने कहा कि जिन इक्यूबेटर्स को मान्यता दी जा रही है वे सभी निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से क्रियान्वित भी हो जाने चाहिए मुख्यस सचिव ने आईआईटी रुड़की को जीआईएस आधारित एप्लीकेशन में राज्य को सहयोग करने के क्षेत्र में काम करने को कहा

स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिये एज्केशन संस्थानों में बूट कैम्प के माध्यम से स्टार्ट अप को तराशने में मदद की जा रही है उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप के अन्तगर्त इस वर्ष आइडिया ग्रैंड चैलेन्ज वर्च्अल माध्यम से आयोजित किये जायेंगे

साथ ही उस स्टार्ट अप को बिजनेस कम्पनी बनाने में भी पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा

पंतनगर कृषि विश्वविदयालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉ अनिल शर्मा ने बताया कि किसान मेले का मुख्य उददेश्य किसानों तक उच्च गृणवता के बीज पहंचाना और उनकी किसानी से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है उन्होंने बताया कि मेले के जरिए पंतनगर विश्वविदयालय की ओर से विकसित नई तकनीकों की जानकारी किसानों को दी जाती है

इसके संबंध में जानकारी देने के लिए लगभग एक लाख किसानों को एस एमएस के माध्यम से सूचना दी गई